झारखंड के मध्यूपुर समेत दस राज्यों की तेरह विधानसभा और दो लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त सत्रह अप्रैल को मतदान और राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में अठारह अप्रैल तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईश्वर से राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहल चैत्र नवरात्र रमजान पोइला बैशाख सहित अन्य त्यौहारों की श्रभकामनाए दी श्री सोरेन ने राज्य की जनता से कोरोना संक्रमण के इस दौर में सावधानी बरतने की भी अपील की उन्होंने कहा कि लोग खुद के साथ साथ अपने परिजनों का भी विशेष ख्याल रखें

हालाँकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कई पाबंदियां लागू हैं यह पर्व प्रकृति के प्रति प्रेम शांति हरियाली खुशहाली और समृद्दि का प्रतीक है यह पर्व नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है इस पर्व में शाल के पेड़ और प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती है

श्री जोशी ने आज बताया कि झारखंड में सीसीएल के दो कोरोना अस्पताल रांची स्थित गांधीनगर और रामगढ़ के नईसराय संचालित कर रहा है जहां कंपनी के कर्मचारियों के अलावा कोरोना मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है

इस बीच देश भर में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है

कल भारत में पहली बार एक ही दिन में दो लाख से अधिक नये मामले दर्ज किये गये राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोरोना वैक्सीन विमान से मंगवाने का आग्रह किया है

श्री मारू ने कहा कि रांची में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी हो गई है यदि यही स्थिति रही तो पहला डोज लेने वाले लोगों को शायद ही दूसरा डोज मिल पाएगा

डॉक्टर भारतेन्दु प्रसाद ने बताया कि टीका लेने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई

मरीज को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा

अगर मरीज या उनके परिजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंब्लेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा

स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया चार दिन का विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव कल समाप्त हो गया

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस तरह के भ्रामक चित्रों और संदेशों को किसी के साथ साझा न करें

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता सात हजार मीट्रिक टन से अधिक है इसमें बढ़ोतरी भी की गयी है केन्द्र सरकार ने बढती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बरबादी पर रोक लगाएं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी पुलिसकर्मियों को ्संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश दिया है

आंध्रप्रदेश की तिरूपति और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीटों के साथ ही राजस्थान विधानसभा की तीन कर्नाटक में दो तथा गुजरात झारखंड मध्यप्रदेश महाराष्ट्र मिजोरम ओडिसा तेलंगाना और उत्तराखंड की एक एक विधानसभा सीट के लिए शनिवार को उपचुनाव होगा धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के कोविड केयर केंद्र का निरीक्षण किया

उपायुक्त ने मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए

उनके निधन पर कई राजनेताओं और शिक्षाविदों ने शोक व्यक्त किया है

इस दौरान स्थानीय विधायक और जिले के उपायुक्त समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे नियेल तिर्की का कल रांची स्थित रिम्स में निधन हो गया था खूंटी जिले में पुलिस ने आज मारंगहादा थाना क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों से साढ़े पांच किलो अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

गढ़वा जिला स्थित मझिआंव बेलचंपा मुख्य मार्ग पर कल देर शाम एक सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया

जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों अपराधी एक गिरोह से जुड़े हुए थे और बस स्टैंड में फिरौती वसूल रहे थे